उच्चतम न्यायालय ने करोड़ों रूपये के चारा घोटाले से संबंधित तीन मामलों में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने जांच एजेंसी से इस बारे में दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है लालू प्रसाद ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है राजद अध्यक्ष अभी चारा घोटाले के मामले में रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं औरंगाबाद जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत बटाने पुल के पास पुलिस ने एक वाहन से एक हजार डेटोनेटर बरामद किया है अनुमंडल पुलिस अधीक्षक अनुप कुमार ने बताया कि वाहन पर सवार लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे उन्होंने बताया कि जब्त वाहन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निबंधित है श्री कुमार ने कहा कि इस बात की जांच की जा रही है कि डेटोनेटर कहां से लाया जा रहा था और इसकी आपूर्ति कहां की जानी थी राज्य में पहले चरण में चार संसदीय सीटों पर ग्यारह अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिये मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास ने आज गया में चुनाव तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि भयमुक्त स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए हरसंभव उपाय किये जा रहे हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने लोगों से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की बैठक में औरंगाबाद नवादा अरवल जहानाबाद और शेखपुरा तथा झारखंड के कोडरमा और चतरा के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौजूद रहे गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण में गया नवादा जमुई और औरंगाबाद में चुनाव होना है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी पटना के तत्वावधान में जिले के अंशकालिक संवाददाताओं के लिए आज उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया कार्यशाला का उद्घाटन अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने किया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मीडिया में चुनाव को लेकर आयी खबरों पर आयोग की नजर रहती है और आयोग इसे संज्ञान में लेकर कार्रवाई भी करता है श्री सिंह ने कहा कि कमजोर वर्ग के लोग भयमुक्त और स्वतंत्र माहौल में मतदान कर सकें इसके लिए सुरक्षा सहित अन्य उपाय किये जा रहे हैं

लोग ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं

लोकसभा चुनाव को देखते हुए चलाये जा रहे अभियान के तहत बारह सौ से अधिक गैर जमानती वारंट को तामिल किया गया अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि सीआरपीसी के तहत लगभग एक हजार मामले दर्ज किये गये हैं श्री सिंह ने बताया कि लगभग दस हजार लीटर शराब जब्त की गयी और वाहन जांच के दौरान अठासी हजार रूपये से अधिक जुर्माने की राशि वसूल की गयी भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के नाम से चल रहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मामले में चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेने चाहिए श्री मोदी ने ट्वीट कर कहा कि जेल में बंद लालू प्रसाद किस तरह सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए चुनाव आयोग ने मीडिया की उन खबरों का खंडन किया है जिसमें राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की सोशल मीडिया पर सक्रियता की जांच की बात कही गयी है आयोग ने कहा है कि उसने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी बाला मुरुगन डी को राज्य का अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बनाया गया है सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है सीतामढ़ी जिले में मतदान के दिन एनसीसी कैडेटों का सहयोग लिया जायेगा कैडेट मतदाताओं को पंक्तिबद्ध करने में सहयोग करेंगे रोहतास जिले के चेनारी अकोढ़ी गोला नोखा विक्रमगंज दिनारा और सासाराम प्रखंडो में ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के बारे में लोगों को जानकारी दी गयी वहीं जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने आज वज्र गृह कोषांग के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की

शेखपुरा जिले में लोगों को ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के बारे में जानकारी दी जा रही है साथ ही लोगों को भयमुक्त माहौल में मतदान के लिए प्रेरित किया जा रहा है पटना उच्च न्यायालय ने जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ चल रहे हत्या के एक मामले को रद्द कर दिया है न्यायाधीश ए अमानुल्लाह की एकल पीठ ने पटना जिले के पंडारक में राजनीतिक कार्यकर्ता सीताराम सिंह की हत्या के मामले में नीतीश कुमार पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया गौरतलब है कि जदयू अध्यक्ष पर सोलह नवम्बर उन्नीस सौ इक्यानवे को लोकसभा चुनाव के दौरान सीताराम सिंह की हत्या के मामले में पंडारक थाना में एक प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी थी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामबिहारी सिंह ने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया है पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में श्री सिंह ने आरोप लगाया है कि पार्टी चुनाव में पूंजीपतियों को लोकसभा का उम्मीदवार बनाकर टिकट बेच रही है भागलपुर जिले के गोराडीह थाना क्षेत्र में बम विस्फोट में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये पुलिस सूत्रों ने बताया कि सोनूडीह पंचायत की मुखिया के घर के पास देर रात अचानक बम विस्फोट हुआ पुलिस ने आशंका जतायी है कि बम बनाने के समय यह विस्फोट हुआ है मामले की जांच चल रही है पूर्व विधायक संजय कुमार का आज पटना में गंगा तट पर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया

पूर्व विधायक के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी समेत कई नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है स्वर्गीय संजय कुमार राजापाकड़ से विधानसभा के सदस्य रह चुके थे वे पूर्व मुख्यमंत्री रामसुंदर दास के पुत्र थे बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन देश की एक सौ विदुषियों को साहित्य सम्मेलन सम्मान से सम्मानित करेगा सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल सुलभ ने बताया कि छब्बीस मार्च को पटना में आयोजित समारोह में गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा शामिल होंगी नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक अपराधी को दो देशी कट्टा और छह कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है सारण जिले के अवतारनगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने दो अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है भागलपुर जिले के सनोखर थाना क्षेत्र में एक ऑटो रिक्शा के पलटने से दो लोगों की मौत हो गयी जबकि दो अन्य घायल हो गये खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के मोहरा घाट पंचायत में मिट्टी काटने के दौरान अचानक मिट्टी के एक बड़े टुकड़े के गिर जाने से एक युवती की मौत हो गयी जबकि तीन अन्य घायल हो गयी सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत धनगरहा गांव के एक घर में आग लग जाने से दो महिलाओं की मौत हो गयी जबकि दो अन्य गंभीर रूप से झुलस गये लखीसराय जिले के बड़हिया थाना क्षेत्र के जैतीपुर गांव से पुलिस ने दो अपराधियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है